इस दस दिवसीय विशेष अभियान में गांव ढाणियों वार्डों और मोहल्लों तक लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल हुई वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के तहत हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया श्री गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन में लगातार छूट के बाद शुरू हुई व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों के कारण संक्रमण का खतरा नहीं रहे और लोग कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरते इसी उद्देश्य से यह अभियान चलाया जाएगा इसमें ग्राम स्तर तक आंगनबाड़ी सहायिका एएनएम आशा सहयोगिनी ग्राम सेवक पटवारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बैनर पैम्पलेट सहित कोरोना को लेकर जागरूक करने वाली सामग्री घर घर तक पहुंचाई जाएगी कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है ऐसे में संक्रामक और मौसमी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ सकता है

जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि इन कर्मचारियों ने सरकार की ओर से गरीबों और जरूरतमंदों को दिये जाने वाले अनाज को राशन डीलर से उठाया है

उन्होंने बताया कि मनरेगा में लोगों को नियोजित करने के मामले में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है

इनमें से एक जने को बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से और दूसरे को झुंझुनूं जिले के किसारी गांव से पकडा है इन पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज और श्रीगंगानगर से सेना से जुडी खुफिया जानकारियां सीमा पार लीक करने का संदेह है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से पकडा गया युवक सीकर जिले के अजीतमाना गांव का रहने वाला है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सैन्य सूचनाएं लीक होने की जानकारी मिलने के बाद इलाके में निगरानी बढाई गई थी खुफिया पुलिस की टीम दोनो युवकों को पूछताछ के लिए जयपुर ले आई है

जिनमें परिणाम बेहद सकारात्मक रहे इसी को देखते हुए सरकार इसमें बढोतरी की है श्री डोटासरा ने बताया कि नये खोले जाने वाले विद्यालयों में जल्द ही शिक्षकों की भर्ती भी की जायेगी

कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने आज बाडमेर जिले के खारोडी गांव में टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों का जायजा लिया उन्होंने ग्रामीणों से टिड़डी दल के प्रकोप और नुकसान के बारे में जानकारी ली श्री गंगवार ने टिड़डी नियंत्रण के लिए कीटनाशक छिडकाव का अवलोकन करने के साथ राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

वहीं बूंदी में टिड्डियों के प्रकोप को लेकर जिला कलक्टर के निर्देश पर कंट्रोल रूम बनाया गया हैं

घायलों को बीकानेर के पीबीएम ट्रोमा सेन्टर में भर्ती करवाया गया है

मोहन लाल सुखाडिया और प्रियदर्शनी नगर आवासीय योजना के भूखण्डों की लॉटरी जयपुर के जेडीए कार्यालय के नागरिक सेवा केंद्र में निकाली जायेगी इस दौरान राज्य सरकार की एडवाईजरी और सोशल डिस्टेनसिंग की पालना भी की जाएगी